निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों के पंजीकरण से सम्बधित ट्रैकिंग प्रबंधन प्रणाली श्रू की है पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ में श्री ग्रू गोबिंद सिंह जी का प्रकाश पर्व प्री श्रद्वा और उत्साह से मनाया जा रहा है पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ में दिन में धूप निकलने से लोगों को ठंड से क्छ राहत मिली मौसम विभाग ने कल और छ जनवरी को बिजली की कड़क के साथ आंधी चलने और पांच जनवरी के बाद क्छ हिस्सों में बारिश होने की संभावना व्यक्त की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान ने हमेशा धार्मिक अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किया और अल्प संख्यकों की मदद करना हमारी जिम्मेदारी है कर्नाटक के तुमकुरू में प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान का गठन धर्म के आधार पर किया गया था और वहां धार्मिक अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किया जा रहा है उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की घोर निंदा की और कहा कि विरोध प्रदर्शनपाकिस्तान के अत्याचारों के खिलाफ होना चाहिए निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों के पंजीकरण से सम्बधित ट्रेकिंग प्रबंधन प्रणाली श्रू की है जिससे आवेदकों को अपने आवेदनों की स्थिति बारे जानकारी लेने की सुविधा मिलेगी आयोग ने पिछले महीने पंजीकरण से सम्बधित दिशा निर्देशों से संशोधन किया था

नये नियम के अन्सार राजनीतिक दलों के पंजीकरण के लिए आवेदन करने आवेदक अपने आवेदकों पर कार्रवाई की स्थिति पर नज़र रख सकेंगे और उन्हें एसएमएस और ई मेल से यह जानकारी उपलब्ध करवाई जायेगी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत भिवानी के प्राईवेट स्कूल ऐसोसिएशन हरियाणा के बैनर तले पहली बार शिक्षकों को शारीरिक व मानसिक तंदरूस्ती प्रदान करने के लिए खेल प्रतियोगिताओं की श्रूआता की गई है

प्रतियोगिता के शुभारंभ पर भिवानी के विधायक घनश्याम सर्राफ ने कहा कि कोई भी अध्यापक अपने बच्चों को तभी फिट रख सकता है जब वह ख्द फिट हो

प्लिस ने उन दो गाडियों को जब्त कर लिया है जिनमें शराब ले जा रही थी प्लिस उप अधीक्षक पृथवी सिंह ने आज रोहतक में एक पत्रकार वार्ता में बताया िक रोहतक प्लिस जांच अपराध शाखा टीम की एक सूचना के आधार पर रोहतक सोनीपत मार्गपर बलियाणा मोड़ के पास की गई नाकेबंदी के दौरान आरोपी नकली शराब सहित काबू किया आरोपी खरखौदा की ओर से दो गाड़िया में नकली लेवल वाली शराब लेकर आ रहे थे जो बिहार व गुजरात में भेजी जानी थी श्री ग्रू गोबिंद सिंह जी का प्रकाश पर्व आज पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ सहित पूरे देश में श्रद्वा और उत्साह से मनाया जा रहा है विभिन्न स्थानों से हमारे पत्रकारों ने बताया कि ग्रू जी के प्रकाशपर्व के अवसर पर दीवान सजाये गये है और कीर्तन का प्रवाह चल रहा है पंचकूला स्थित ऐतिहासिक ग्रूद्वारा श्री नाडा साहिब में चंडीगढ़ मोहाली और पंचकूला से पहंची संगतों ने माथा टेका और कीर्तन का श्रवण किया हमारी पत्रकार स्मन शर्मा ने बताया है कि ग्रूद्वारें को फूल मालाओं और रोशनियों से भव्य तरीके से सजाया गया श्रद्वाल्ओं का पहुंचना अभी भी जारी है यम्नानगर के ग्रूद्वारा बलाचौर दशमी पातशाही और यम्नानगर जगाधरी और बिलासप्र के कई ग्रूदवारों से ग्रपर्व मनाने के समाचार मिले है अम्बाला से हमारे पत्रकार ने बताया कि ऐतिहासिक ग्रूद्वारा बादशाही बाग ग्रूद्वारा मंजी साहिब ग्रूद्वारा पंजोखरा साहिब में संगते बड़ी संख्या में पहंची हई है हरियाणा गृह शहरी स्थानीय निकाय एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज ने आज श्री ग्रु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव पर पंजाबी ग्रुद्वारा अम्बाला छावनी में माथा टेक कर आशीर्वाद प्राप्त किया यहां पहंचने पर ग्रुदवारा प्रबंधन समिति के पदाधिकारियों ने उन्हें सिरोपा स्मृति चिन्ह व तलवार भेंट कर उनका अभिनंदन किया श्री विज ने इस मौके पर श्री ग्रु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव की लख लख बधाई देते हुए सभी के उज्जवल भविष्य की कामना की और अरदास की कि श्री ग्रु महाराज की कृपा सभी पर बनी रहे उन्होने कहा कि श्री ग्रु गोबिंद सिंह जी ऐसे महान प्रूष व संत थे और उन जैसी शक्सियत आज तक इस धरती पर नहीं हई उन्होने कहा कि श्री ग्रु गोबिंद सिह ने धर्म की रक्षा व प्रचार के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया अमृतसर में श्री हरमंदिर साहिब में श्रद्वाल्ओं ने बड़ी संख्या में पहंच कर माथा टेका भिवानी से भी सरवंशदानी श्री ग्रू गोबिंद सिंह जी का प्रकाशपर्व मनाये जाने की खबर मिली है यहां पर म्ख्य ग्रंथी गजराज सिंह ने ग्रवाणी कीर्तन के माध्यम से संगतों को ग्रमत ज्ञान दिया

पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ में अधिकतर स्थानों पर आज दिन में धूप निकलने से लोगों को ठंड से कुछ राहत मिली है हालांकि हवा से ठंडक वैसे ही बनी हई है मौसम विभाग ने बताया है कि दोनों राज्यों के कई भागों में शीत लहर अभी भी चल रही है और कई जगह गहरी धूप निकलने के समाचार भी मिले है पिछले दिनों के म्काबले दोनों राज्यों के नय्नतम तापमान में थोड़ी वृद्वि दर्ज की गई लेकिन अभी भी यह अधिकतर स्थानों पर सामान्य से कम चल रहा है

मौसम विभाग ने दोनों राज्यों में आज कल और छ तारीख को बिजली की कड़क के साथ आंधी चलने की भविष्यवाणी की है और कल एवं परसों कही कही ध्ध पड़ने का अन्मान भी लगाया है मौसम विभाग के अन्सार पांच जनवरी के बाद दोनो राजयों के क्छ हिस्सों में बारिश भी हो सकती है